उन्होंने कहा कि ये केन्द्र देश के प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र के तंत्र को मजबूती देगा

भेंट मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से आज दिल्ली में भेंट की उन्होंने केंद्रीय मंत्री से प्रदेश में राजमार्गों व अन्य विकास कार्य संबंधी चर्चा की नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री को हिमाचल को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिलाया महेन्द्र सिंह प्रदेश में पानी की समस्या को दूर करने के लिए सरकार एक हजार करोड़ रूपए खर्च करेगी सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाक्र ने आज धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जन शिकायत निवारण शिविरों में बताया कि ये पैसा केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत खर्च किया जाएगा उन्होंने कहा कि इस मिशन के तहत हर घर को पाईप के जरिए पेयजल आपूर्ति का लक्ष्य है

बाद में उन्होंने टिहरा स्कूल के वार्षिक समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित किए और आईसीटी लैब का उदघाटन किया

सैजल ने कहा कि सहकारिता के माध्यम से आज का युवा नौकरी देने वाला बन सकता है और इसके जरिए गुजरात की तर्ज पर हिमाचल भी श्वेत कांति को दोहराने की क्षमता रखता है उन्होंने सहकारिता विषय पर प्रदेश भर में ऐसे सम्मेलन कराने पर बल देते हुए इस विषय पर विशेषज्ञों के माध्यम से चर्चा करवाने की जरूरत बताई ताकि उनके अनुभवों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा सके इस अवसर पर ग्रमीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि सहकारी सभाओं के माध्यम से दूध उत्पादकों को लाभ दिया जा सकता है गोविंद ठाकुर राज्य सरकार वन निगम के माध्यम से बोर होल प्रणाली के माध्यम से बिरोजा निकालने की दिशा में कार्य करेगी ताकि पेड़ों को होने वोले नुकसान को कम किया जा सके वन मंत्री गोविंद ठाकर ने सोलन के नौणी स्थित बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय में पेड़ों से बिरोजा निकालने के लिए बोर होल प्रणाली पर आयोजित कार्यशाला के समापन सत्र में ये बात कही उन्होंने कहा कि हिमाचल की बहुमूल्य वन संपदा प्रदेश की आर्थिकी के लिए महत्वपूर्ण है और वन क्षेत्र को बढ़ाने की दिशा में सरकार कार्य कर रही है वन मंत्री ने भविष्य में कायल के पेड़ों से भी बिरोजा निकाला जाएगा रोहतांग दर्रा जनजातीय जिला लाहौल स्पिति का प्रवेश द्वार बीते दिनों भारी बर्फबारी के कारण बंद हो गया था जिसे सीमा सड़क संगठन ने कठिन परिस्थितियों में एक बार फिर बहाल कर दिया है हालांकि बर्फीली हवाओं के चलते रोहतांग दर्रा बार बार अवरूद्व हो रहा है ऐसे में यहां से सफर करना जोखिम भरा है लोगों का कहना है कि माईनस तापमान में बीआरओ ने दर्रे को बहाल कर उनकी मुश्किलें आसान की हैं उन्होंने कहा कि इससे घाटी में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और सेब के ट्रक घाटी से बाहर निकल पाएंगे

शहीद जवानों में सोलन जिले के कुनिहार के दोची गांव का सैनिक मनीष कुमार भी शामिल है

सोलन जिला प्रशासन के मुताबिक शहीद का पार्थिव शरीर कल तक चण्डीगढ़ पहुंचने की संभावना है इस बीच राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शहीद मनीष कुमार की शहादत पर गहरा दुख जताते हुए शोक संतप्त परिजनों से संवेदना व्यक्त की है

एक ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्थित पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्वांजलि दी इस अवसर पर करसोग के विधायक हीरा लाल नगर निगम महापौर व उप महापौर सहित अधिकारियों व स्कूली बच्चों ने भी इंदिरा गांधी को नमन किया सूचना व जनसंपर्क विभाग के कलाकारों ने इस मौके पर देश भक्ति के गीत प्रस्तुत किए सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने पुलिस जवानों से सीमाओं पर आंतरिक सुक्षा की जिम्मेदारी के लिए समर्पण और प्रतिबद्धता से कार्य करने का आह्वान किया है

सुरेश भारद्वाज ने कहा कि पुलिस ने मौजूदा परिपेक्ष में समाज की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए नई योजनाएं आरंभ की है ताकि पुलिस पर लोगों का भरोसा बढ़ सके उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन पुलिस को संवेदनशील और कर्मठ बनाने में मद्दगार साबित होते हैं तीन दिवसीय इस खेल प्रतियोगिता में प्रदेश पुलिस के अलावा केंद्रीय इकाई के करीब पांच सौ खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया सुरेश भारद्वाज ने विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए

मुख्य सचिव व प्रदेश सचिवालय सेवाएं खेल नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष श्रीकांत बाल्दी ने समापन समारोह की अध्यक्षता की

प्रतियोगिता के पुरूष वर्ग में केंद्रीय सचिवालय दिल्ली की टीम विजेता रही जबकि आरएसबीचेन्नई उप विजेता और हिमाचल सचिवालय की टीम तीसरे स्थान पर रही इसी तरह महिला वर्ग में प्रदेश सचिवालय की टीम उप विजेता रही आयोग राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी देवी ने महिलाओं के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन कर उनकी निगरानी भी सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं चंबा में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक में आज उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने अधीन काम कर रहे कर्मचारियों को मिशनरी मोड पर कार्य करने के लिए प्रेरित करें चंद्रमुखी देवी ने प्रशासन को स्थानीय जरूरत के आधार पर योजनाएं बनाकर लागू करने की सलाह दी ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों को और सशक्त बनाने की जरूरत बताई